मुख्यमंत्री ने कल मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं

श्री मोदी ने बैठक में कहा कि इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए पांच स्तरीय रणनीति टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट कोविड व्यवहार और टीकाकरण को और प्रतिबद्वता से लागू करना चाहिए उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता के साथ ही इसके प्रबंधन में जन भागीदारी पर भी जोर दिया श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों को और कड़े कदम उठाने चाहिए

इस दौरान बेवजह घर से निकलने मास्क न पहनने पर सख्ती की जा रही थी वहीं नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर टीकाकरण के लिए लोगों को छूट दी गई इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने टीके लगवाये

राज्य सरकार ने निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक गरीब मरीज का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाये

इनमें वाराणसी सुल्तानपुर अमृतसर पठानकोट जालंधर सिटी पठानकोट फिरोजपुर लुधियाना बठिंडा फिरोजपुर दिल्ली रोहतक और दिल्ली पानीपत मार्ग की रेलगाड़ियां शामिल हैं इन रेलगाड़ियों का संचालन उत्तरी रेलवे करेगा रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इन रेलगाड़ियों में सुरक्षित और आरामदेह यात्रा सुनिश्चित की जाएगी जन आंदोलन भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के सहायक पंजीयक मयंक शर्मा ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और वैक्सीन लगाने की अपील की है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहीद जवानों की मौत पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है

दो घायलों को इंदौर रैफर किया गया है आग लगने की सूचना मिलते ही कलेक्टर आशीष सिंह पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार शुक्ल मौके पर पहुंचे उन्होंने बचाव कार्य शुरू कराया और अन्य मरीजों को सुरक्षित निकाल कर दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया कलेक्टर ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी जिस पर कुछ देर बाद काबू पा लिया गया

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना के बाद कलेक्टर से बातचीत की और उन्हें सभी घायलों का इलाज सरकारी खर्च पर कराने के निर्देश दिये पैराबैडमिंटन भारत ने दुबई पैरा बैडमिंटन में बीस पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है उसने चार स्वर्ण छह रजत और दस कांस्य पदक जीते इसमें पिछले विश्व चैम्पियन प्रमोद भगत के दो स्वर्ण पदक शामिल हैं भारत के लिए दो अन्य स्वर्ण पदक कृष्णा नागर और प्रेम कुमार ने जीते फ्रांस चार स्वर्ण दो रजत और दो कांस्य कुल आठ पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा जबकि मलेशिया ने तीन स्वर्ण एक रजत और तीन कांस्य कुल सात पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा

नमस्कार